बोकारो में कल दो और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कल देर शाम दोनों मरीजों में संक्रमण की पुष्टि की

हिंदपीढ़ी निवासी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद क्षेत्र में बहतर घंटे के लिए सील की अवधि फिर से बढ़ा दी गयी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देष के बड़े उद्योगों से अनुरोध किया कि आपदा की इस घड़ी में वे अपने श्रमिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाएं श्री सोरेन ने कहा कि श्रमिक बोझ नहीं हैं इन कर्मवीरों को आज सहयोग की आवष्यकता है मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से गढ़वा जिले के पचास मजदूरों को मदद पहुंचाने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी है कि गढ़वा जिले के पचास मजदूर गुड़गांव हरियाणाा में लॉकडाउन की वजह से फंसे हैं वहीं मुख्यमंत्री ने देवघर जिले के उपायुक्त को देवीपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत बाघमारी में राषन वितरण में हई गड़बड़ी की जांच का आदेष दिया है इधर आज झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी जिसमें कोरोना संकट को लेकर कई प्रस्तावों पर चर्चा की जायेगी लातेहार जिले में लॉकडाउन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रषासन काफी सख्त है

रामगढ़ जिले मे लॉकडाउन पूरी तरह प्रभावी है यहां से कुल अड़तीस लोगों की जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे जिसमें पैंतीस की रिपोर्ट निगेटिव आयी है तथा तीन की जांच रिपोर्ट अभी प्रतीक्षारत है

इस दौरान अफवह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है बुंडू अनुमंडल में पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार प्रसार कर लोगों से अपने अपने घरों में रहने की अपील की घरों से बेवजह निकलकर घूमने फिरने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने का भी एलान किया गया

कोरोना महामारी से बचाव और इसकी रोकथाम को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है मजदूरों राहगीरों बेसहारा लोगों और अन्य राज्यों से फंसे श्रमिकों एवं आम लोगों के रहने खाने सहित नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है उपायुक्त गणेश कुमार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं

नियमित हाथ धोने साफ सफाई एवं सोशल डिस्टेंस सहित अन्य मानकों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है उपायुक्त ने बताया कि जिले में अबतक कोई भी व्यक्ति कोरोना पोजेटिव नहीं पाया गया है कोरोना को लेकर लगाए गए लॉकडाउन में होम डिलीवरी में आ रही दिक्कतों के निराकरण के लिए गिरिडीह में विधायक सुदीव्य कुमार के साथ चैम्बर ऑफ कामर्स ने बैठक की विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने चैम्बर के व्यापारियों को आश्वासन दिया कि वे प्रशासन और उनके बीच समन्वय स्थापित करेंगे ताकी किसी को भी कोई परेषानी न हो थोक खुदरा विक्रेताओं की बैठक में कई सामानों का दाम तय किया गया बैठक में निर्णय हुआ कि सभी दुकानदार घटी हुई दर पर सामान वितरित करेंगे और अपनी दुकान पर मूल्य तालिका लगायेंगे

धनबाद स्थित पीएमसीएच में कोरोना की जाँच की सुविधा षुरू हो गयी है पहले दिन कल सत्रह सैंपल जांच के लिए भेजे गये जिसकी रिपोर्ट आज षाम तक मिलने की संभावना है इससे पूर्व धनबाद के सैंपल जांच के लिए रांची या जमशेदपुर भेजे जाते थे धनबाद के पीएमसीएच में जांच के लिए दो मषीनें लगायी गयी हैं शुरुआत में यहाँ धनबाद जिले के संदिग्ध मरीजों की हीं जांच होगी बाद में आस पास के जिले के सैंपल की भी जांच होगी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

न्यायालय ने देशभर में राहत शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए प्रर्याप्त चिकित्सा सुविधा तथा भोजन स्वच्छ पेय जल और साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा है

चिकित्सकों ने बताया कि हाइड्रोक्सी क्लोरो क्वीन दवा का उपयोग केवल डॉक्टरों के परामर्ष पर ही किया जाना है

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए जन औषधि केंद्र रात दिन काम कर रहे हैं आम जनता अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र और दवाईयों की कीमत जानने के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल एप का इस्तेमाल कर सकती है

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश पंजाब और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में इन समूहों ने लगभग पांच हजार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई किट भी बनाए हैं मास्क की आपूर्ति स्वास्थ्य विभागों स्थानीय स्व शासन निकायों स्थानीय प्रशासन अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों पुलिस अधिकारियों को की गई है इसके अलावा ये मास्क खुले बाजार में भी बेचे गए हैं कई राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र में मास्क का निशुल्क वितरण भी किया गया है स्व सहायता समूह के सदस्यों ने एप्रेन गाउन और फेस शील्ड भी बनाना शुरू किया है नौ राज्यों में नौ हजार से अधिक समूहों ने एक लाख पंद्रह हजार लीटर सेनिटाइजर भी बनाया है खूंटी जिले में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में आईईडी बम बनाने के सामान समेत अन्य नक्सली सामान बरामद किया है अड़की थाना क्षेत्र के बिरबांकी और कुरूंगा के बीच चेरम्बा नाले के पास से विस्फोटक निर्माण का कच्चा माल बरामद किया गया